हरियाणा क मूल निवासी खिलाड़ी ही नौकरी के हकदार होगे

विदेशमंत्री स्षमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान ने वहां स्थित ग्रूदवारा करतार प्र साहिब तक एक गलियारा बनाने के लिए कोई अधिकारिक पत्र नहीं भेजा है

उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान के अधिकारियों ने कई केवल सीमित संख्या में दौरे की अन्मति दी है

उन्होंने श्रीमति बादल को आश्वासन दिया है कि भारत इस स्थिति से अवगत और इस मामले को पाकिस्तान के साथ जारी रखेगा

प्रदेश भी पढ़ी लिखी पंचायतों बारे कृषि मंत्री ने कहा कि पंचायतें अच्छा कर रही है और प्रधानमंत्री का ओडीएफ का सपना भी हरियाणा की शिक्षित पंचायतें पूरा कर रही है

प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में वृदवि पर भी श्री धनखड़ ने कहा कि रिवाड़ी का घटना और पंचकूला में छात्रा की मौत द्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि नये य्ग में अपराध को रोकना एक बड़ी च्नौती है औश्र सरकार अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती पंचक्ला में भारतीय जनता पार्टी य्वा मोर्चा के उपाध्यक्ष अमित ग्प्ता द्वारा एक सोशल मीडिया ग्प में पैंसठ पोर्न वीडियों डालने के मामले पर श्रीधनखड़ ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जायेगा और कानुन अपना काम करेगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन परिसर में अम्बाला से सांसद रतन लाल कटारिया अम्बाला के डीआरएम दिनेश शर्मा व अन्य रेलवे अधिकारियों ने श्रमदान किया और लोगों को स्वचछता का संदेश दिया इस मौके पर छावनी बोर्ड के स्कूली बच्चों ने एक लघ् नाटिका के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया

हरियाणा सरकार ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति आवेदन मांगे है खेलमंत्री अनिल विज ने बताया कि आवेदन के लिए हरियाणा की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर खेले या हरियाणा के मूल निवासी खिलाड़ी ही योग्य माने जायेंगे उन्होंने कहा िक इसके लिये ओलपिंक पैरा ओलपिंक बधिर ओलपिंक विशेष ओलपिक एशियन पैरा एशियन राष्ट्रमंडल पैरा राष्ट्रमंडल व एक दो व चार वर्षो में एक बार होने वाले विश्व चैम्पियन आई बी एस ए विश्व स्तरीय खेल तथा एक दो व चार वर्षो में एक बार होने वाली एशियन व राष्ट्रमंडल म्काबले में वरिष्ठ खिलाड़ी आवेदन कर सकते है इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे प्रदेशों या केन्द्रित शासित प्रदेशों से खेलने वाले खिलाड़ियों योग्य नहीं मानी जायेंगी श्री विज ने बतायाकि खिलाड़ी अपने आवेदन राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के माध्यम से भेज सकते है जिन पर फेडरेशन के अध्यक्ष या महासचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक है खिलाड़ी अपने आवेदन निदेशक खेल एवं य्वा मामले विभाग के पास भेज सकते है इस बारे अधिक जानकारी विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है

क्रिकेट कप्तान विराट कोहली के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल सम्मान के लिए की गई है वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए भेजे गये नामों की सूची में हरियाणा के चार खिलाड़ियों के नाम है जिनमें एशियाड मे जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक पाने वाले पानीपत के नीरज चोपड़ा विश्व चैम्पियन श्रटर सोनीपत के अकंर मित्तल और रोहतक के पहलवान स्मित कुमार व हिसार की ब्शू खिलाड़ी प्जा कादयां का नाम शामिल है

उन्होंने एशियाई खेलों में पदक लाने वाली त्रिशा देव के कैरियर को फिर से संवारा है

उन्होंने इस अन्ठी योजना को प्रे देश मे एक साथ लागू करेने के लिए प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगभग दो लाख बहतर हजारा पेंशन भोगी है जिनके सलाना तिरासी अरब अ्टठाइस लाख रूपये का भ्गतान किया जाता है उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि सेवानिवृत कर्मचारियों को समय पर पेंशन का लाभ मिले उन्होंने कहा कि जिला स्तर हर तीन माह मे एक बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जायेगा कालका की विधायक लतिका शर्मा ने कालका में नगर निगम की ओर से खिला कालोनी भैरों की सैर व खेड़ा सीता राम गांव में मच्छर मारने की आध्निक मशीन का उदघाटन किया श्रीमती लतिका शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा मच्छर मारने की जो मशीन लगाई गई है वह एक एकड़ की दूरी से ही मच्छर को खींच कर नष्ट कर देती है इस मशीन के लग जाने से लोगों को बीमारियों से राहत मिलेगी उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली के बाद नवीनतम तकनीक पर आधारित यह मशीन लगाई गई है